कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें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

कोवैक्सीन स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल गई है इस टीके को भारत बायोटेक कम्पनी ने भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है टीके के परीक्षण का यह अंतिम चरण अगले महीने के पहले सप्ताह में श्रू होगा

कार्यशाला में आशा वर्करों को होम आइसोलेशन का प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान दौरान उन्हें होम आईसोलेशन में मरीज की निगरानी करने सामाजिक द्री सैनिटाइजर का उपयोग सहित साफ सफाई के बारे में बताया गया

ऐसे में उन्हें न सिर्फ खूद की स्रक्षा का ध्यान रखना है बल्कि अन्य लोगों को भी किसी तरह की भांतियों से बचने के लिए जागरुक करना है जिलाधिकारी ने आशा वर्करों को गांव में रह रहे लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए जागरुक करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि गांव के लोग अगर कोरोना सैंपलिंग के लिए तैयार होते हैं तो गांव में सभी की निःशुल्क जांच की जाएगी

जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से हरिदवार को एक मित्र लैब भी सौंपी गई है जो कि एक मोबाइल वैन के रूप में घर घर जाकर लोगों की जांच करेगी इसके अलावा जल्द ही मोबाइल आरटी पीसीआर लैब भी हरिद्वार में शुरू की जा रही है डिप्टी सीएमओ डॉ एच डी शाक्य का कहना है मोबाइल वैन से जल्द ही घर घर जाकर जांच का काम शुरू कर दिया जाएगा उन्होंने बताया कि यह वैन पूरी तरह वातान्कूलित है जिससे इसमें काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को काफी सुविधा मिलेगी

उन्होंने कहा कि भवन निर्माण कार्य पूरा होने पर ही पूरी धनराशि का भुगतान किया जाए जिले में आंगनबाड़ी के अपने खुद के भवन होने से नौनिहालों को बैठने के साथ पोषाहार खाने खेलने अध्ययन करने के साथ ही विभाग की ओर से संचालित अन्य गतिविधियों को लेकर भी जगह की कमी नहीं होगी वहीं केंद्र पर आने वाली गर्भवती महिलाओं को भी बैठने के साथ इनके लिए संचालित योजना का कार्य भी आसानी से पूरा होगा

प्रशिक्षण कश्मीर के उदयान विशेषज्ञों दवारा दिया गया

जिला उदयान अधिकारी जीएन पांडेय ने बताया कि शीतलाखेत और खनिया गांव में विशेषज्ञ दल के प्रशिक्षण के बाद केसर उत्पादन श्रू कर दिया गया है

उतराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हिम तेंदओं को देखा गया है इनके सरंक्षण के लिए राज्य में हिम तेन्दुओं की गणना का काम अगले महीने नवम्बर के पहले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है

पहले चरण में नवम्बर के पहले सप्ताह में फील्ड सर्वे किया जाएगा जिसके अंतर्गत हिम तेन्दओं के पैरों के निशान और मल के नमनों के साथ ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाएगा साथ ही स्थानीय निवासियों सेना और भारत तिब्बत सीमा प्लिस बल के शिविरों में रहने वाले जवानों से जानकारी लेकर हिम तेन्द्रों के संभावित वास स्थलों को चिन्हित किया जाएगा द्रसरे चरण में अगले वर्ष मार्च अप्रैल में पहले चरण में छूटे ग्रिड का सर्वे होगा तीसरे चरण में हिम तेन्द्रओं की तस्वीर लेने के लिए करीब डेढ़ सौ कैमरे लगाए जाएंगे अक्टूबर में फील्ड सर्वे और कैमरों से मिले चित्रों के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा अगले वर्ष नवम्बर तक उत्तराखंड में हिम तेन्दुओ की संख्या वन विभाग सार्वजनिक करेगा धुमलाल निधन म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने चमोली जिले के ग्राम उर्गम निवासी ढोल वादक धूमलाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है